प्रदेश के उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी प्रदेश में सभी विकासात्मक गतिविधियां बिना किसी बाधा के आगे बढ़ीं उन्होंने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वितों की सूची बनाने को कहा ताकि ऐसे लोगों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में डिस्प्ले पैनल स्थापित किए जाने चाहिए ताकि मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंस आम लोग भी देख सके

आदेशो के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सुनील शर्मा को प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती दी है वहीं घनश्याम चंद को उनके स्थान पर स्थानान्तिरित किया गया है कांगड़ा जिले के जयंसिंहपुर के एसडीएमडॉ बिक्रम महाजन का तबादला अटल बिहारी वाजपेयी मांउंटनेरिंग संस्थान मनाली में अतिरिक्त निदेशक के पद पर किया गया है वहीं कुल्लू में जिला पर्यटन विकास अधिकारी भागचंद नेगी का तबादला पार्बती प्रोजेक्ट भू अधिग्रहण अधिकारी व उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक डॉ सोनिया ठाकुर का स्थानान्तरण सूचना प्रौद्योगिकी शिमला में अतिरिक्त निदेशक के तौर पर किया गया है

इसी तरह से विद्युत मंडल सुन्नी सब स्टेशन सैंजनाला के कुछ क्षेत्रों में भी आज विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है

प्रदेश के जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में कल रात उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का समाचार है प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से बादल छाये हैं और रूक रूक कर वर्षा का कम जारी है इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द है अफसरशाही में बड़ा फेर बदल हिमाचल सरकार ने बदले एचएएस अधिकारी नई नियुक्तियां भी दी

अखबार की एक अन्य खबर है नई पंचायतों का नहीं होगा गठन पिछले आरक्षण पर ही होंगे चुनाव दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति का होगा रिकार्ड मेंटेन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी